मास्क पहनें दो गज़ की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

जयपुर ग्रेटर से भाजपा ने सौम्या गुर्जर जबकि हेरिटेज से कुसुम यादव को प्रत्याशी बनाया है वहीं कांग्रेस ने जयपुर ग्रेटर से दिव्या सिंह और जयपुर हेरिटेज से मुनेश गुर्जर को मैदान में उतारा है कांग्रेस ने कोटा उत्तर के लिए मंजू मेहरा वहीं कोटा दक्षिण के लिये राजीव अग्रवाल को अपना उम्मीदवार बनाया है भाजपा ने कोटा उत्तर से संतोष बैरवा को वहीं कोटा दक्षिण से विवेक राजवंशी को प्रत्याशी बनाया है जोधपुर उत्तर से कांग्रेस ने कृंती परिहार को मेयर का उम्मीदवार बनाया है वहीं भाजपा ने संगीता सोलंकी को प्रत्याशी बनाया है जोधपुर दक्षिण में भाजपा की प्रत्याशी वनिता सेठ है जबकि यहां कांग्रेस ने पूजा पारीक को अपना उम्मीदवार बनाया है

इसके तुरंत बाद परिणाम जारी कर दिया जायेगा

इसके तहत केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रादेशिक लोक सम्पर्क ब्यूरो जयपुर द्वारा कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनने के बारे में जागरूकता लाने के उद्देश्य से जयपुर के प्रमुख स्थलों पर मास्क की कलाकृति लगायी जा रही हैं शहर के स्टेच्यू सर्किल पर आज मेगा मास्क लगाया गया इस विशाल मास्क का अनावरण प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त सुमन्त सिन्हा और पत्र सूचना कार्यालय की अपर महानिदेशक डॉ प्रज्ञा पालीवाल गौड़ ने किया इस अवसर पर प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त ने दोनो विभागों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों और वहां मौजूद आमजन को कोरोना उचित व्यवहार अपनाने की शपथ भी दिलवाई केन्द्र के इस जागरूकता अभियान से जुडते हुए सारंगी वादक पद्म श्री मोइनुद्दीन खान ने लोगो से बार बार हाथ धोने मास्क लगाने और सुरक्षित दूरी बनाये रखने की अपील की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

नगर निगम जयपुर ग्रेटर और हैरिटेज में आज सरकारी स्कूलों के सहयोग से कोरोना जागरूकता का संदेश देने वाली रंगोली बनवाई गई और लोगों को जागरूक किया गया कई क्षेत्रों में मास्क वितरित किये गये

भरतपुर में नगर निगम की ओर से चलाये जा रहे नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत नेहरू पार्क में बच्चों की चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया

पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर ने बताया कि कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा की समी तैयारियां पूरी कर ली गयी है

सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित समय से दो घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा

इस बीच दिल्ली मुंबई रेल ट्रैक पर भरतपुर के पीलूपुरा में गुर्जरों का पड़ाव आज पांचवे दिन भी जारी रहा

इस बीच कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को देखते हए क्षेत्र में बसों का संचालन शुरू कर दिया गया है

कई स्थानों पर रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गयी है

ये दुर्घटना टैंकर और कार के आमने सामने टकरा जाने से हुई

ये लोग कार में सवार थे जो झुंझुनूं जिले के नवलगढ से मारवाड़ जा रहे थे

ब्यूरो के उप अधीक्षक शिवरतन गोदारा ने बताया कि आरोपी कर्मचारी ने परिवादी महिला से उसके पति के खिलाफ वसूली वारंट जारी कराने के लिये एक लाख रूपए की रिश्वत की मांग की

इस विश्वस्तरीय आर्ट गैलेरी में देश विदेश से आये सैलानी राजस्थान की प्राचीन मूर्तिकला रागमाला की पेंन्टिंग तथा अन्य सांस्कृतिक धरोहरों से रूबरू हो सकेंगे

जिला कलेक्टर ने इसके लिये नगर निगम हेरिटेज तथा ग्रेटर के आयुक्तों नगर निगमों के अधिशाषी अधिकारियों तथा मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिए है अस्थायी रैन बसेरों के लिये राजकीय तथा सार्वजनिक भवनों का उपयोग किया जायेगा